चुनावी गतिविधियां विधानसभा चुनावों के लिए कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिवधियां बढ़ गई है नामांकन दाखिले के साथ ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप देने में जूट गये हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर बुदनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरेंगे वहीं अधिकांश मंत्रियों को भी पार्टी ने टिकट दिया है

पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी कर दी जायेगी सुरजेवाला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने गलत जानकारी देकर कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किये इसके लिए अनाज उत्पादन की गलत आंकड़े केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किये गये उन्होंने कल भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में खेती का रकबा कम होता जा रहा है और आदिवासी कृषि क्षेत्र में गहरे संकट का सामना कर रहे हैं राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते आम जनता परेशान है और सरकार अपनी कथित उपलब्धियों के लिए अपनी ही पीठ थपथपा रही है उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री बंशीलाल गुर्जर ने सूरजेवाला के आरोपों को तीखा प्रतिवाद किया है उन्होंने कहा है कि इस तरह का झूठा आरोप लगाकर कांग्रेस नेता अपनी ही पूर्ववर्ती मनमोहन सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं भाजपा बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आव्हान किया है कि वे विधानसभा चुनाव में पार्टी की विजय के लिए जूट जाये पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद उन्होंने कहा है कि हमें अगले पांच सालों में समुद्ध मध्यप्रदेश का सपना साकार करना है पार्टी का लक्ष्य भारी बहुमत की सरकार बनाना है उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओ से घर घर जाकर जनता से आशीर्वाद लेने और पार्टी की योजनाओं की जानकारी देने को कहा है

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल ने बताया है कि श्रेष्ठ संभाग पुरस्कार में संभागीय आयुक्त पुलिस महानिरीक्षक को पुरस्कार दिये जाएंगे

उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला निर्वाचन अधिकारी पुलिस अधीक्षक रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बीएलओ को पुरस्कृत किया जायेगा इसी तरह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नगर निगम आयुक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्वीप नोडल अधिकारी मास्टर ट्रेनर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी अन्य शासकीय अधिकारी कर्मचारी को विशेष श्रेणी में पुरस्कार दिये जाएंगे श्री नरवाल ने बताया कि शासकीय विभाग शासकीय एजेंसी सार्वजनिक उपक्रम को राज्य स्तरीय श्रेष्ठ शासकीय स्वीप पार्टनर पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे गैर शासकीय संगठन एजेंसी को पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे उन्होंने बताया कि श्रेष्ठ मीडिया पार्टनर पुरस्कार में मीडियासोशल मीडिया एजेंसियों को पुरस्कार और जिला स्तरीय श्रेष्ठ निर्वाचन गतिविधि के लिये अधिकारियों कर्मचारियों शासकीय विभागों गैर शासकीय संगठनों मीडिया एजेंसियों सोशल मीडिया एजेंसियों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये भी पुरस्कार स्थापित किये जाएंगे

नई दिल्ली स्थित न्यायालय परिसर में न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता आर सुभाष रेड्डी मुकेश कुमार शाह और अजय रस्तोगी ने नये न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

मानव अधिकार आयोग मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को छह माह से वेतन नही मिलने के मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है आयोग ने शासन को निर्देश दिये हैं कि उनका मानदेय दीपावली के पूर्व जारी किया जाये आयोग ने इस संबंध में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन तथा आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय को नोटिस भेजा है दुर्बल मतदाता भिंड जिले में विधानसभा चुनाव में दुर्बल मतदाताओं के मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किये गये हैं इसके लिए उन्हें चिन्हित भी किया गया है ऐसे मतदाताओं से फोन लगाकर पूछा जाएगा कि उन्होंने मतदान किया या नहीं यदि कोई दुर्बल मतदाता मतदान नहीं कर पाया तो इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा ऐसा पहली बार हो रहा है इसके लिए निर्वाचन आयोग ने जिले में चिह्नित किए गए दूर्बल व्यक्तियों के नाम और नंबर की सूची पहले ही ले ली है

इन लोगों के नाम और मोबाइल नंबर की सूची निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से ले ली है

श्री सिंह कल ष्फेस्टिवल आफ डेमोक्रेसीष् के अवसर पर शौर्य स्मारक में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में उपस्थित श्रोताओं को सम्बोधित कर रहे थे सांस्कृतिक कार्यक्रम में फ्यूजन बैंड इंडियन आशियन द्वारा मतदान के लिये आमजन को प्रेरित करने संबंधी प्रस्तुतियां दी गयी उज्जैन के व्यंग्य कलाकार हिमांशु बवंडर तथा स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से आमजन को मतदान के महापर्व में अपना योगदान देने का आग्रह किया मुख्य निर्वोचन पदाधिकारी और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में स्वीप गतिविधि के संदर्भ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव आयुक्त ैजनसम्पर्क पी नरहरि संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल आईजी भोपाल रेंज श्रजयदीप प्रसाद कलेक्टर भोपाल सुदाम खाड़े सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे गुडडू भाजपा कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुडडू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं उन्होंने कल नईदिल्ली में पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौद्रजगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री थांवरचंद गेहलोत और नरेन्द्र सिंह तोमर भी मौजूद थे खेलकूद मंदसौर में कल राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के फायनल मुकाबले खेले गये

वहीं बालिका वर्ग का फायनल मुकाबला परिधि चौधरी ने जीता

विजेता खिलाड़ियों को एक लाख रूपये की इनामी राशि प्रदान की गई पुरस्कार वितरण समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तारकेश्वर सिंह उपस्थित थे कार्यक्षता की अध्यक्षता आयकर अधिकारी एकेपिल्लई ने की